राज्य सरकार ने ओलम्पिक राष्ट्रमंडल और एशियार्ड खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा ठियोग हाटकोटी सड़क निर्माण में हुई लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

वॉकआउट प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज हंगामेदार रहा सदन के आज दूसरे दिन विपक्ष ने कानून व्यवस्था हत्या दुष्कर्म नशा माफिया आदि मुद्दों को लेकर सदन से वाकआऊट किया

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल द्वारा उनकी मांग अस्वीकार किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन में नारेबाजी की और सदन से वाकआऊट किया विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विघानसभा अध्यक्ष सरकार को संरक्षण दे रहे है जबकि प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है विपक्षी सदस्य प्रश्नकाल के बाद सदन में लौटे विस्तृत ब्यौरा हमारे संवाददाता संजीव सुंद्रियाल से

उन्होंने कहा कि इसकी सूचना सरकार को भेज दी गई है जैसे सरकार से उत्तर प्राप्त होगा तो उसे संबंधित नियम के तहत लगा दिया जाएगा इससे असंतुष्ट विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गए

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के इस वाकआऊट की निंदा करते हुए कहा कि सरकार नियमों के तहत और प्रदेशहित में चर्चा के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि विपक्ष द्वारा लाया गया प्रस्ताव नियमों के तहत नहीं है

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल की परिस्थिति ऐसी है कि वहां पर मार्ग दर्शन करने वाला कोई नहीं रह गया है विपक्ष में पहले से ही नियमों के अनुसार चलने की प्रथा नहीं है लेकिन अब स्थिति और बिगड़ गई है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए कि चर्चा प्रदेश हित में है या राजनीतिक लाभ के लिए

साथ ही सरकार विभिन्न प्रतियोगिताओं में आने जाने के लिए खिलाड़ियों को परिवहन सुविधा भी उपलब्य करवाएगी यही नहीं प्रदेश सरकार ने ओलंपिक राष्ट्रमंडल और एशियार्ड खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की भी घोषणा की है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात व परीक्षाओं के समय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के दौरान शिक्षक और स्थानीय लोग खिलाड़ियों के भोजन की व्यवस्था करते हैं स्कूलों में होने वाली खेल गतिविधियों के लिए मविष्य में डाइट के लिए राशि कम न पड़े इसके लिए सरकार घन उपलब्ध करवाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए सरकार एचआरटीसी बसों के अलावा अन्य तरह की परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाने का प्रयास भी करेगी

इससे पहले विघायक नरेंद्र बरागटा के मूल प्रश्न के जवाब में युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाक्र ने कहा कि जुब्बल कोटखाई विघानसभा क्षेत्र के सरस्वती नगर में दो साल के भीतर सिन्थेटिक ट्रैक बनाकर तैयार कर दिया जाएगा

विघानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने माजरा में एस्टरोट्रफ का ध्यान रखने का आग्रह किया विधायक विनोद कुमार के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नाचन विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्राथमिकता के तहत आई सभी स्कीमों को सरकार जल्द स्वीकृति दिलाने का प्रयास करेगी

विघायक सुरेश कश्यप राजेंद्र गर्ग नरेंद्र ठाकुर सुखराम चौधरी और राकेश जम्वाल ने प्रतिपूरक प्रश्न पूछे विधायक बलवीर वर्मा और कर्नल इंद्र सिंह ने भी अपने अपने क्षेत्र से संबंधित सवाल पूछे

उन्होंने कहा कि इस मामले में ठेकेदार की कोताही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा मुख्यमंत्री ने माना कि इस सड़क के निर्माण से निकले मलबे की वैज्ञानिक ढंग से डंपिंग नहीं हुई जिस कारण ये मलबा लोगों के बागीचों में घुस गया और इससे कई पेयजल तथा सिंचाई योजनाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई साथ ही सैकड़ों पेड़ों के गिर जाने और सूखने से पर्यावरण को भी नुकसान हुआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि नुकसान की ये भरपाई इस सड़क के निर्माण में लगी कंपनी के ठेकेदार से वसूली जाएगी और यदि ठेकेदार ने ये राशि देने से मना किया तो सरकार ठेकेदार को दिए जाने वाले पैसे से ये राशि काटेगी

इससे स्थानीय लोगों को तो नुकसान हुआ ही है साथ ही पर्यावरण को भी व्यापक हानि हुई है उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर ठेकेदार को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया और कहा कि इसी संरक्षण की वजह से सैकड़ों पेड़ों को सूखने अथवा गिरने पर मजबूर कर दिया गया नरेंद्र बरागटा ने सड़क निर्माण से निकले मलबे की डंपिंग के मामले की जांच की सरकार से मांग की प्रदर्शन प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा परिसर के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया

इस बीच प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी के बौछारे कीं पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करने से करीब एक दर्जन प्रदर्शनकारी जख्मी हुए हैं इस बीच विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने की आलोचना करते हुए इसे अवैघ और अनुचित ठहराया

ये वाहन ननखड़ी के अड्डू से दनावली की तरफ जा रहा था पुलिस अधीक्षक ओमापति जंबाल ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए ननखड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया है उन्होंने कहा कि सभी मृतक व घायल ननखड़ी के दनावली गांव के निवासी हैं अनुराग लोकसभा में मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है एक ब्यान में उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्ष में आर्थिक व्यवस्था और सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार अनुशासनहीनता और संवेदनहीनता को खत्म कर केंद्र सरकार ने सुशासन की व्यवस्था दी है अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने अपने फैसलों से विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं त्रिलोक भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद रामविचार नेताम ने मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर को कर्नाटक के अलावा उत्तराखंड का प्रभारी नियुक्त किया है पार्टी के एक प्रवक्ता ने बताया है कि यशवंत सिंह दरबार को मोर्चा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है

कांगड़ा ज़िला के कुछ स्थानों पर भारी जबकि मंडी और चंबा ज़िलों के कुछ भागों में भारी वर्षा का समाचार है

कांगड़ा जिले में भारी बरसात के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई स्थानों पर बारिश का पानी घरों में घूसने से काफी नुकसान हुआ है उपायुक्त संदीप कुमार ने लोगों से किसी भी आपात स्थिति में एक शून्य सात सात नम्बर पर फोन करने की अपील की है

चंबा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि प्रशासन इन मार्गों को बहाल करने में जुटा हुआ है

अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि भूस्खलन से मलबा आने पर भटियात की चलामा पंचायत के कई घरों को खाली करवाया गया है

इघर राजधानी शिमला व आस पास के इलाकों में बाद दोपहर हल्की वर्षा हुई